प्रत्साव के विरोध में एनडीए को तीन सौ पचीस मत मिले जबकि प्रस्ताव के पक्ष में एक सौ छबीस सदस्यों ने मत दिया शिवसेना बीजू जनतादल और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य मत विभाजन के समय सदन में उपस्थित नही थें आल इंडिया अन्ना डीएम के पार्टी के कई सदस्यों ने सरकार का समर्थन करते हुए प्रस्ताव के विरोध में मत दिया लोकसभा के पाच सौ चौतीस सदस्यों में से कुल चार सौ इक्यावन सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने मत विभाजन में भाग लिया इस मत विभाजन में विजय के लिये दो सौ छबीस से अधिक सांसदो को समर्थन की जरुरत थी दो हजार चौहद में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव था उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को देश के भवन और निर्माण श्रमिको के कल्याण के लिए योजना तय करने को तीस सितम्बर तक का समय दिया है न्यायालय ने कल सरकार से स्पष्ट कर दिया कि अब और समय नही बढ़ाया जाएगा केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकार के उस हलफनामे का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि श्रम मंत्रालय की वेबसाइट पर योजना का मसौदा जारी कर दिया गया है और सभी राज्यों से दस अगस्त तक सुझाव देने को कहा गया है केंद्र ने न्यायालय से कहा कि मसौदे पर अन्य लोग भी तीस अगस्त तक सुझाव दे सकते है इसके बाद तीस दिसम्बर तक योजना को अंतिम रुप दे दिया जाएगा नाबार्ड की अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने कल ईटानगर में वर्ष दो हजार अठठारह उन्नीस के लिए राज्य स्तरीय इकाई लागत समिति की बैठक आयोजित की अपने संबोधन में नाबार्ड के आर ओ महा प्रबंधक ज्ञानेन्द्र मनी ने राज्य में कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ाने में इकाई लागत की भूमिका पर जोर दिया उन्होंने क्रेडिट फ्लों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों मे चहुँमुखी वृद्धि के लिए समय समय पर इकाई लागत बैठक आयोजित करने पर भी बल दिया क्षेत्रीय कार्यालय ने राज्य में पहली बार विभिन्न कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के लिए घटकवार इकाई लागत तैयार की है ईटानगर पुलिस ने कल होलोंगी से बंदरदेवा तक आयोजित रात के समय गश्त के दोरान अनैतिक प्रथाओ में शामिल पचास से ज्यादा लोगो को हिरासत में लिया प्रलिस ने कई दलों का गठन कर केपिटल कॉम्प्लेक्स के कई क्षेत्रो में जागरुकता अभियान चलाया राजधानी पुलिस अधीक्षक एम हर्षवर्धन ने कहा कि पुलिस एसे ही निष्क्रिय नही बैठेगी और सभी अवैध गतिविधियो के खिलाफ अभियान चलाती रहेगी उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून एवं न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जागरुकता अभियान आवश्यक है ईस्ट सियांग और सियांग जिले से मवेशियो में पैर और मुँह की बीमारियों के फैलने की खबरे सामने आई है इस संक्रमित बीमारियो के कारण क्रुछ बोविड जानवरो के मरने की भी रिपोर्ट मिली है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रदेश सचिव ने एक परिपत्र में सभी जिलों के जिला उपायुक्तो और पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियो को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है परिपत्र में संबंधित विभाग को पड़ोसी राज्यो से आपूर्तिकर्ताओ के माध्यम से मवेशियों के प्रवेश को नियंत्रित करने को भी कहा गया है प्रदेश सचिव ने जिला पशुपालन अधिकारियो को निदेशालय से इस बीमारी के लिए कभी भी और किसी भी वक्त आवश्यक दवाईया एकत्रित करने का भी निर्देश दिया पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रमो इंडियन आँयल काँर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजींसी गेल आँयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के साथ कल रात एक समझौते पर हस्ताक्षर किये समझौते के अनुसार संयुक्त उद्यम वाली एक कंपनी राष्ट्रीय गैस पाइप लाइन ग्रिड का विकास निर्माण संचालन और देखरेख का काम देखेंगी तथा गुवाहाटी को पूर्वोत्तर के विभिन्न शहरों और नुमालीगढ़ रिफाइनरी और उससे जुड़े तेल उत्पादन केंद्र से जोड़ेगी इस परियोजना को सभी पूर्वोत्तर राज्यो की राजधानियो से जोड़ा जाएगा और इस पर छह हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा पंद्रह सौ किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन का काम प्ररा करने में करीब चार वर्ष लगेंगे इस परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा थाइलैंड के बैंककोक में आयोजित थाइलैंड ओपन कराते डू प्रतियोगिता में राज्य की लिपिन एटे ने भारत के लिए पहला पदक जीता उन्होंने चौदह वर्ष से कम उम्र वाली बालिका वर्ग में काटा में कांस्य पदक जीता प्रतियोगिता के उदघाटन में कल भारत ने एक स्वर्ण पदक भी जीता था